प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए किया जाएगा बोर्ड का गठन अनलॉक तीन के दिशा निर्देशों के तहत आज से जिम व्यायामशाला और योग संस्थान खुले

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस आयोजन में भाग लेंगे वे आधारशिला रखे जाने के प्रतीक पटटी का अनावरण करेंगे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करेंगे फिर वे श्रीराम जन्मभूमि में रामलला की पूजा करेंगे इसके बाद भूमि पूजन का विधान सम्पन्न किया जाएगा प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने पूरे विश्व के रामभक्तों से पावन अवसर पर सभी गांव और शहरों में भजन कीतर्न और प्रसाद वितरण का आयोजन करने की अपील की है कोरोना संक्रमण को देखते हुए आवश्यक एतिहाती उपाया बरतने का आग्रह किया गया है ट्रस्ट और मुख्यमंत्री की अपील के बाद राज्य में लोग अपने घरों में दीये जला रहे हैं अयोध्या में विशेष दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इधर राजस्थान में भी राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर उत्सुकता का माहौल है जिलों में आज दीये जलाए जाएंगे वहीं घरों और मंदिरों में रामधुनी और हनुमान चालीसा के पाठ होंगे इससे पहले कल कई जगह घरों में दीयो का वितरण किया गया

साथ ही दूरदर्शन से भी भूमि पूजन आयोजन का सीधा प्रसारण होगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये घोषणा की उन्होंने कहा कि ये बोर्ड इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगा मुख्यमंत्री ने वंचित पात्र निर्माण श्रमिकों का भवन और अन्य संन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीयन करने के लिए प्रदेशभर में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि हर पात्र श्रमिक को बोर्ड के माध्यम से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्लाज्मा बैंक खोले जाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके

केन्द्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत ये ऑनलाइन कार्यक्रम सुबह साढे ग्यारह बजे होगा जिसके माध्यम से अनेकता में एकता का संदेश दिया जायेगा

मौसम विभाग के अनुसार आज ब्रंदी टोंक कोटा बारा और झालावाड़ जिलों और आसपास के क्षेत्रो में हल्की बारिश होने की संभावना है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके प्रभाव से कोटा उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में आज और कल मानसून सकिय रहने तथा भरतपुर बीकानेर और अजमेर संभाग में भी कुछ जिलों में भी मध्यम बारिश होने की संभावना है

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें